नए दिशा निर्देशों के तहत रात में बाहर निकलने पर लगी पाबंदी हटा दी गई है इस महीने की पांच तारीख से जिम और योग संस्थानों को खोलने की इजाजत भी दी गई है सोशल डिस्टेशिंग और स्वास्थ्य संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम आयोजित किये जा सकेंगे

मेट्रो रेल सिनेमा घर स्वीमिंग पूल मनोरंजन पार्क और बार को खोलने की अनुमति नहीं होगी इसके अलावा ऐसे सामाजिक राजनीतिक खेल मनोरंजन अकादमिक सांस्कृतिक धार्मिक और अन्य कार्यक्रमों पर पाबंदी होगी जहां भीड़ जमा होती है मोदी हैकाथन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज शाम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के स्मार्ट इंडिया हैकाथन को संबोधित करेंगे श्री मोदी इस अवसर पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर भी वक्तव्य देंगे

शिक्षा नीति से स्कूली और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक और क्रांतिकारी सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ है

इस अभियान की मुख्य थीम संकल्प की चेन जोड़ो संकमण की चेन तोड़ो है इसके तहत बड़े पैमाने पर लोगों की स्वास्थ्य जांच की जाएगी साथ ही इस महामारी के प्रति लोगों को जागरूक भी किया जाएगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना से बचाव के लिये काम करने के साथ ही यह भी जरूरी है कि आर्थिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलें इसके लिये यह भी देखा जाना जरूरी है कि जहां बहुत जरूरी है वहीं लॉकडाउन लगाया जाए इसके लिये स्थानीय प्रशासन को जिला और जिला प्रशासन को राज्य प्रशासन से अनुमति लेनी होगी ईद उल अजहा ईद उल अजहा का त्यौहार आज प्रदेशभर में मनाया गया कोरोना संकमण को देखते हुए लोगों ने घरों पर ही नमाज अदा की और इस दौरान महामारी से मुक्ति के साथ ही मुल्क की तरक्की और बेहतरी के लिये दुआ की गई इस मौके पर भोपाल शहर काजी सहित कई मुस्लिम धर्म गुरूओं ने लॉकडाउन और शारीरिक दूरी का पालन करते हुए ईद मनाने की अपील की थी राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य नेताओं ने प्रदेशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी है

यहां पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी कोरोना संक्रमित पाए गये हैं

टीकमगढ़ में कोरोना का एक मामला सामने आया है

इस दौरान शाम साढ़े सात बजे तक दुकानें खुली रहेंगी

सभी को जल्द ही अपना कार्य संभालने के निर्देश दिये गये हैं

इस दौरान जिले की सीमा में आवागमन को प्रतिबंधित किया गया है